राज्य में दंत चिकित्सकों के पद नियमित आधार पर जल्द भरेगी प्रदेश सरकार

प्रदेश के ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में हिमपात व निचले क्षेत्रों में वर्षा से तापमान में भारी गिरावट लवी रामपुर बुशैहर का अंतर्राष्ट्रीय लवी मेला आज सम्पन्न हो गया मुख्यमंत्री जयराम ठाकर ने मेले के समापन समारोह की अध्यक्षता की इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि लवी मेला ऐतिहासिक होने के साथ साथ तिब्बत चीन तथा अन्य देशों के मध्य व्यापारिक मेले के रूप में जाना जाता है उन्होंने कहा कि प्रदेश में आयोजित होने वाले मेले और त्योहार हमारी समुद्व परंपराओं रीति रिवाजों और संस्कृति के परिचायक है इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने क्षेत्र के लिए करोड़ों रुपए की विकासात्मक कार्यों की घोषणाए की उन्होंने नॅनखड़ी में तहसील कल्याण अधिकारी कार्यालय खोलने की घोषणा की और कहा कि टिक्कर खमाड़ी खनोग नीरथ सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करवाने का मामला केंद्र सरकार से उठाया जाएगा उन्होंने ग्राम पंचायत शाहधार में दो करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनने वाली बहाव पेयजल योजना का भी शिलान्यास किया इसके अलावा रामपूर में लगभग साढ़े तीन करोड़ रुपए की लागत से निर्मित आयुर्वेदिक अस्पताल भवन जबकि पौने दो करोड़ रुपए की लागत से निर्मित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला नोगली के विज्ञान खंड का भी लोकार्पण किया मेले के दौरान मुख्यमंत्री ने विभिन्न स्टॉलों हस्तशिल्प व हथकरघा उत्पादों के लिए पुरस्कार भी वितरित किए सीएम प्रदेश में दंत चिकित्सकों के पद नियमित आधार पर जल्द भरे जाएंगे यह बात मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कल शिमला स्थित गेयटी थियेटर में दंत महाविद्यालय के वार्षिक दिवस और पुरस्कार वितरण समारोह के अवसर पर कही मुख्यमंत्री ने कहा ये भर्ती हिमाचल लोक सेवा आयोग के माध्यम से की जाएगी जिससे दंत महाविद्यालय से डिग्री प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा मुख्यमंत्री ने दंत महाविद्यालय में विद्यार्थियों की सुविधा के लिए छात्रावास बनाने की भी घोषणा की उन्होंने कहा कि सरकार चरणबद्ध तरीके से ग्रामीण क्षेत्रों में दंत चिकित्सक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगी जयराम ठाकुर ने छात्रों से नशे को दूर करने को भी सरकार की मदद करने की अपील की इस दौरान मुख्यमंत्री ने कॉलेज की वार्षिक स्मारिका का विमोचन भी किया और शैक्षणिक उपलब्धियां हासिल करने वाले प्राध्यापकों व छात्रों को पुरस्कार प्रदान किए समारोह में शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज राज्य योजना आयोग के अध्यक्ष रमेश धवाला सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे

कार्यक्रम का शुभारंभ गोविंद सिंह ठाकर ने किया युवाओं को संबोधित करते हुए वन मंत्री ने कहा कि युवा पीढ़ी को अपनी ऊर्जा को राष्ट्र निर्माण और सद्भावना को बढ़ाने के लिए करना चाहिए उन्होंने कहा इस प्रकार के कार्यक्रमों के आयोजन से युवाओं को एक दूसरे के राज्यों के रीति रिवाज परंपराओं और भाषाओं को जानने का मौका मिलता है सांस्कृतिक आदान प्रदान से राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा मिलता है इस यूवा आदान प्रदान कार्यक्रम में केरल के सात जिलों और हिमाचल के छः जिलों के युवा भाग ले रहे हैं महें द्र सिंह सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य मंत्री महेंद्र सिंह ठाक्र ने इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन से आग्रह किया है कि वे हिमाचल की भौगोलिक परिस्थितियों के दृष्टिगत ऐसे स्थानों पर पेट्रोल पम्प सुविधा उपलब्ध करवाए जहां वर्तमान में नहीं है सोलेन जिला के नालागढ़ में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन द्वारा स्थापित पेट्रोल पम्प के लोकार्पण अवसर पर उन्होंने कहा कि पेट्रोल पम्पों की स्थापना के लिए भूमि प्रदेश सरकार द्वारा चिन्हित की जाएगी

दो दिवसीय ये सम्मेलन हिमाचल सरकार के आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है एक सरकारी प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि केंद्रीय राज्य मंत्री विजय गोयल सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे जबकि प्रदेश खाद्य आपूर्ति मंत्री किशन कपूर बतौर विशेष अतिथि मौजूद रहेंगे मुख्य सचिव प्रदेश के मुख्य सचिव बीके अग्रवाल ने आज नई दिल्ली में भारत सरकार खाद्य एवं प्रसंस्करण सचिव पुष्पा सुब्रमण्यम से भेंट की उन्होंने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग से संबंधित विभिन्न मुददों पर चर्चा की तथा इन परियोजनाओं को जल्द स्वीकृति देने के लिए उनसे आग्रह किया मुख्य सचिव ने नए औद्योगिक क्षेत्रों ऊना जिला के पंडोगा कांगड़ा जिला के कंदरौड़ी तथा सोलन जिला के अडवाल को मशहूर फूड पार्क के रूप में अधिसूचित करने का आग्रह किया ताकि ये इकाईयां इन क्षेत्रों में स्थापित की जा सकें मुख्य सचिव ने बताया कि इन क्षेत्रों में निवेश को आकर्षित करने के लिए मैगा इन्वेस्टर मीट और अन्य कार्यक्रमों के द्वारा खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र पर विशेष फोकस रहेगा केंद्र ने इसके लिए सभी संभावित सहायता और सहयोग का आश्वासन दिया

सत्र के दौरान कुल छः बैठकें होंगी जिसमें एक बैठक गैर सरकारी सदस्य कार्य के लिए निर्धारित की गई है विधानसभा अध्यक्ष डॉ राजीव बिंदल ने सभी विधानसभा सदस्यों से आग्रह किया है कि वे सदन के दौरान जनहित के मुद्दों पर चर्चा में भाग लें और सदन को संचालित करने में अपना पूर्ण सहयोग दें गोविंद ठाकुर वन परिवहन युवा सेवाएं एवं खेल मंत्री गोविंद ठाक्र ने कहा है कि देश में लोकसभा चुनावों की आहट के साथ ही कांग्रेस नेताओं की तरफ से आने वाली टिप्पणियां तथ्यों से पर्रे हैं उन्होंने कहा कि प्रदेश के किसान बागवान पिछले चार वर्षो से तत्कालीन कांग्रेस सरकार से फोरलेन के लिए अधिगृहित जमीनों के लिए उचित मुआवजे की मांग उठाते रहे हैं लेकिन उन्हें मुआवजा मिलना तो दूर प्रभावितों की कोई भी बात नहीं सुनी गई वन मंत्री ने कहा कि ये कांग्रेस के नेताओं की कोरी राजनीति को दर्शाता है उन्होंने कहा कि वर्तमान जयराम सरकार सभी प्रभावितों तथा हितधारकों की मांगों को ध्यान में रखते हुए उनकी समस्याओं को सुलझाने का प्रयास कर रही है तथा शीघ्र ही प्रभावितों के लिए मुआवजे की राशि भी बढ़ा रही है मरडी प्रदेश सरकार तथा पुलिस विभाग चरस जैसी सामाजिक बुराई को खत्म करने के लिए प्रयत्नशील है यह बात प्रदेश महानिदेशक एसआर मरडी ने आज चम्बा जिला मुख्यालय में नशा निवारण अभियान कार्यक्रम में कही उन्होंने कहा कि सरकार यह प्रयास कर रही है कि जिन इलाकों में भांग की खेती होती है वहां ऐसी वैकल्पिक खेती की व्यवस्था की जाए जिससे उस क्षेत्र के लोगों को फायदा हो तथा वे भांग की खेती को छोड़ कर अन्य विकल्प को अपनाएं अपने चम्बा जिला के दो दिवसीय दौरे के दौरान उन्होंने स्कूली व कॉलेज के छात्रों सहित स्थानीय लोगों से बातचीत कर नशे जैसी सामाजिक बुराई से दूर रहने की सलाह दी इस बीच मंडी में नशाखोरी व मादक पदार्थों के सेवन को रोकने के लिए प्रदेश के अतिरिक्त मुख्य सचिव स्वास्थ्य आरडी धीमान ने उपायुक्त मंडी तथा मुख्य चिकित्सा अधिकारी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विस्तार से चर्चा की अतिरिक्त मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि जिला में जल्द नशा निवारण केंद्र शुरू किया जाए ताकि लोगों की अधिक से अधिक काऊंसलिंग कर युवा वर्ग को नशे के सेवन से रोका जा सके व्यापार मेला अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला नई दिल्ली में हर्षोल्लास के साथ आरंभ हुआ

मुख्य सचिव बीके अग्रवाल ने हिमाचल पैवेलियन का उद्घाटन किया इस पैवेलियन में विभिन्न सहायता समूहों द्वारा विक्रय स्टॉल और प्रदेश के उद्यमियों द्वारा काउंटर स्थापित किए गए हैं मुख्य सचिव ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में सक्रिय भागीदारी के लिए स्वयं सहायता समूहों की सराहना की

बच्चों के अधिकारों देखभाल और शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से यह दिन मनाया जाता है सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री डॉ राजीव सहजल ने बाल दिवस के अवसर पर सभी को देश एवं प्रदेश को पूर्ण रूप से स्वच्छ बनाने एवं नशामुक्त करने का आहवान किया डॉ सहजल आज कसौली विधानसभा क्षेत्र की गुलाहड़ी ग्राम पंचायत द्वारा आयोजित बाल दिवस समारोह की अध्यक्षता कर रहे थे उन्होंने अध्यापकों तथा अभिभावकों से आग्रह किया कि युवा पीढ़ी को उचित मार्गदर्शन प्रदान करें ताकि युवा नशे से दूर रहे बाल दिवस के अवसर पर प्रदेश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए मौसम प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में रूक रूक कर हिमपात हो रहा है जिससे ठंड में वृद्वि हुई है जनजातीय ज़िला लाहौल स्पिति में आज दोपहर बाद से ऊंची पहाड़ियों पर हिमपात जारी है जिससे घाटी में ठंड का प्रकोप बढ़ गया है जिले के कई भागों में बिजली की आंख मिचौनी से लोग परेशान हैं कुल्लू से हमारे प्रतिनिधि ने बताया कि जिले की ऊंची चोटियों सहित रोहतांग पर आज तीसरे दिन भी हिमपात का सिलसिला जारी रहा जबकि निचले इलाकों में रूक रूक कर वर्षा होने से तापमान में गिरावट आई है हमारे चंबा प्रतिनिधि ने बताया कि भरमौर पांगी सहित ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में हिमपात होने का समाचार है जबकि चम्बा मुख्यालय में दोपहर बाद से वर्षा का क्रम जारी है राज्य के अन्य भागों में दिनभर बादल छाने से शीतलहर तेज हो गई है राजधानी शिमला व आसपास के क्षेत्रों में ओलावृष्टि होने का समाचार है